मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य नागरिकता प्रदान करना है न कि किसी की नागरिकता को ले लेना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून के नाम पर लोगों में भ्रम फैला कर माहौल खराब किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध कर देश का चीरहरण करने वाले सभी चेहरों को बेनकाब करना चाहिये इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को भ्रमित करने के लिये कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिये बनाया गया है जिसे कांग्रेस ने सदैव नजरअंदाज किया

वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सहित बड़े और सख्त निर्णय लेने की क्षमता केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी में ही है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि योगो सरकार में राज्य दंगा मुक्त रहा कार्यक्रम को पूर्व रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने भी संबोधित किया नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में आज से श्रू की गई रैलियां और जनसभाएं पार्टी के राष्ट्र व्यापी जनजागरण अभियान का हिस्सा है हमारे संवाददाता ने बताया कि इन रैलियों में पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री पदाधिकारी और प्रमुख नेताओं के भाग लेने का क्रम कई दिनों तक जारी रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अन्य नेताओं का कल गोरखपुर में एक अन्य रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भविष्य में देश में बिजली से चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया जायेगा क्योंकि ऐसे वाहन पर्यावरण के अनुकूल हैं और इनसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एलईडी बल्बों के इस्तमाल को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इनसे बिजली की काफो बचत होती है श्री जावड़ेकर ने कहा कि बिजली हर व्यक्ति के सशक्तिकरण का माध्यम है और सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाकर लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है बाइट बिजली घर में आना केवल सुविधा नहीं है गरीब के लिए ये एक जबरदस्त इम्पारवरमेंट है यह हमें समझना चाहिए बिजली इज ए मेन सोर्स आफ इंसपरेशंस

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस बारे में तिहाड़ जेल प्रशासन की अर्जी पर नया डेथ वारंट जारी किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मामले के एक दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है मुकेश ने कुछ दिन पहले दया याचिका दायर की थी इस बीच सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी करार दिये गये पवन गुप्ता ने अपने नाबालिग होने के दावे के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है इस याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई के लिये बीस जनवरी की तारीख़ तय की है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

राज्य सरकार दिव्यांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उददेश्य से नई योजना शुरू करने जा रही है प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि इस योजना के तहत राज्य के सौ बस अड़डों पर दिव्यांगों को विशेष स्टाल लगाने के लिये जगह मुहैया कराने के साथ साथ जरूरी मदद भी दी जायेगी

राज्य सरकार ने उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के दस आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं आधिकारिक प्रवक्ता ने आज लखनऊ में बताया कि आईपीएस अधिकारी मोदक राजेश दिनेश राव को गोरखपुर परिक्षेत्र का प्रलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है पीएसी मुरादाबाद में तैनात एससी दुबे आजमगढ़ परिक्षेत्र के नये डीआईजी होंगे जबकि इस पद पर तैनात जेरवीन्द्र गौड़ को एसआईटी लखनऊ में स्थानान्तरित कर दिया गया है पीएसी मेरठ में तैनात डीआईजी अनिल कुमार राय को पीएसी मुख्यालय पर इसी पद पर नई तैनाती दी गई है इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक प्रयागराज आशुतोष द्विवेदी को अपर पुलिस उपायुक्त गौतमबुद्ध नगर बनाया गया है जबकि डीजीपी कार्यालय में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक चिंरजीव नाथ सिन्हा को लखनऊ का अपर पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है पुलिस अधीक्षक स्तर के जिन अन्य अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है उनमें केशव कुमार चौधरी और मुनीराज भी शामिल है प्रदेश के अधिकांश भागों में शीतलहर और कोहरे की वजह से सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है पिछले दो दिनों हुई बारिश से सर्दी बढ़ गई है ब्यौरा हमारे संवाददाता से पिछले दो दिनों हुई बरसात के बाद राज्य में ठंड काफी बढ़ गई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के कारण रेल सड़क और वायू यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है कई जगहों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भारी बढ़ोत्तरी हुई है कई जनपदों में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है वहीं कई जगहों पर पहले ही कक्षा आठ तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने का अन्मान जताया है हरदोई के नर्मदा ताल का सुन्दरीकरण स्मार्ट हरदोई की थीम के तहत किया गया है सर्दी के मौसम में दक्षिण अफ्रीका से आई विभिन्न प्रजातियों की चिड़ियों ने इन दिनों इस स्थल की रौनक और बढ़ा दी है एक रिपोर्ट हरदोई के नर्मदा ताल पर दक्षिण अफ्रीका से आने वाली यह कूट और टिकरी नाम की चिडिया काफी गर्म प्रवृत्ति की होती है इसलिए आजादी से पहले लोग इसका शिकार सर्दी में करते थे आजादी के बाद लागू वाइल्ड लाइफ ऐक्ट से इन चिड़ियों का जीवन भी सुरक्षित हुआ है इस साल जिलाधिकारी पुलकित खरे की स्मार्ट हरदोई की थीम पर इसका सुंदरीकरण हो जाने से अब पर्यटक इसका आनन्द ले रहे है और आजादी की जिस बयार को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत तक लेकर आये उसका आनन्द दक्षिण अफ्रीका की ये चिड़िया भी उठा रही है अभय शंकर गौड़ आकाशवाणी समाचार हरदोई

गुवाहाटी में आयोजित निशानेबाजो प्रतिस्पर्धा में देवांशी धामा और श्रवण कुमार ने प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व किया इन दोनों निशानेबाजों ने बेहद रोमांचक फाइनल में दिल्ली को हरा कर यह खिताब जीता है कानपूर में तीन बच्चों की मौत के बाद जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को बारह लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है

एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रतापगढ़ जिले के सुखपाल नगर में जल्द ही कॉमन फेसिलिटी सेन्टर बनाया जायेगा दस हजार वर्गफोट जमीन पर लगभग आठ करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किये जा रहे इस सुविधा केन्द्र में टेस्टिंग लैब डिजाइन अनुसधान और विकास केन्द्र प्रोसेसिंग सेन्टर पैकिजिंग सहित अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी खास बात यह होगी कि आंवला से जुड़े छोटे छोटे कारोबारी आसानी से इस केन्द्र पर अपने उत्पाद तैयार करा सकेंगे प्रदेश सरकार ने वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रतापगढ़ ज़िले का चयन आंवला उत्पादन को ध्यान में रखते हुए किया है